उप राष्ट्रपति ने आज पंजाब विश्वविदयालय के दीक्षांत समारोह में भारतीय अनुसंधान के अध्यक्ष डा सिवन को पंजाब विश्वविदयालय विज्ञान रत्न प्रस्कार से सम्मानित किया म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सोनीपत में अलग अलग वर्गो द्वारा आयोजित चार सभाओं को सम्बोधित किया

उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने य्वाओं को कड़ी मेहनत करने साकारत्मकता अपनाने और निर्माण सम्बधी गतिविधियों से जुड़ने का आहवान किया है

इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिह बदनौर भी उनके साथ थे इससे पहले पंजाबी में अपना भाषण शुरू करते ही वैकेंया नायडु ने कहा कि पंजाब विश्वविदयालय देश का महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले विश्वविदयालयों में से एक है और इस विश्वविद्यालय ने नोबल प्रस्कार विजेता हरगोबिंद ख्राना कल्पना चावला जैसी कई शख्सियते देश को दी है उप राष्ट्रपति ने पंजाबियों की सराहना करते हये कहा कि पंजाब कड़ी मेहनत देश भक्ति कृषि के लिये पहचाना जाता है और य्वाओं को अपनी विरासत को कायम रखना चाहिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण और रोजगार ही केवल शिक्ष ग्रहण करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए ज्ञान में वृद्वि के लिये शिक्षा आवश्यक है उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारतीय प्रतिभायें हमेशा आगे रही है ध्नवंतरी आर्यभट्ट जैसी प्रतिभाओं का जिक्र करते हये उन्होंने कहा िक भारत ज्ञान का केन्द्र रहा हे और इसकों फिर विश्व ग्रू बनाने के लिये जान को महत्व देनी जरूरी है उन्होंने कहा कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में भारतीयों का बोलबाला है उन्होंने कहा िक भारत का हर जगह सम्मान किया जा रहा है और ये हमारी अमीर विरासत परम्पराओं और जान के कारण है श्री नायडू ने आज एक समाचार का जिक्र करते हये कहा कि चीन की कंपनियां वहांसे भारत में आने की इच्छक है जिससे पता चलता है कि भारत आगे बढ़ रहा है उप राष्ट्रपति ने य्वाओं को नसीहत दते हये कहा कि अपनी मातृभाषा में बातचीत करने को महत्व देना चाहिए मात् भाषा की त्लना आंखों की रोशनी और अन्य भाषाओं की त्लना चश्मे के साथ करते हये उन्होंने कहा कि अगर रोशनी नहीं होगी तो चश्मा काम नहीं करेगा उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृ भाषा के साथ दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए एक भारत एक राष्ट्र एक देश और लोगों में एकता हमारी जीवन पदवति है क्योंकि सभी की मूल संस्कृति एक है उप राष्ट्रपति ने गुरू के महत्व पर भी प्रकाश डाला आगे बढ़ने के लिये कान्वेंट की पढ़ाई आवश्यक बताने को गलत ठहराते ह्ये उप राष्ट्रपति ने कहा कि आगे बढ़ने के लिये और चुनौतियों का सामना करने के लिये कान्वेंट की पढ़ाई नहीं सामर्थय योग्यता आचार व्यवहार और कड़ी मेहनत जरूरी है

उनहोंने लिंग आधार पर भेदभाव न करने का आहवान भी किया योग पेड़ लगाने बेटी बचाने जैसे कार्यो को अपनी जीवन शैली मे शामिल करने का आहवान करते हये उन्होंने कहा कि योग हमें स्वस्थ रखने के लिये आवश्यक है उन्होंने आजकल के पदार्थवादी यूग और बदली हई जीवन शैली का जिक्र करते हये कहा कि शारीरिक श्रम जरूरी है क्योकि तभी हम स्वस्थ रह सकते है उन्होंने भारत की संस्कृति मे खाने पीने सम्बधी दिये निर्देश का जिक्र करते हये जंक और त्रंत तैयार होने वाले भोजन न खाने का आहवान भी किया उन्होंन कहा कि अगर य्वा स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा

पीएचडी की इन डिग्रियों समेत एक हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमें दिये गये उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड़ ने आज पंजाब विश्व विदयालय के दीक्षांत समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अन्संधान संस्थान यानि इसरो के अध्यक्ष डा के सिवन को पंजाब विश्वविद्यालय विज्ञान रत्न प्रस्कार से सम्मानित किया

डा सिवन को सम्मानित करने के पश्चात श्री नायड्र ने कहा कि डा सिवन सराहनीय कार्य कर रहे है विश्वविद्यालय द्वारा दिए गये सम्मान बारे श्री नायडू ने कहा कि देश मे प्रतिभाओं को सम्मानित कना वैदिक काल से हमारी सांस्कृति का हिस्सा है इस सम्मान से युवाओं को आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करने में सहायता मिलती है

य्वा वर्ग स्वयं तो मतदान करे ही तथा द्रसरों को भी मतदान करने के लिये प्रेरित करे ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उयाय्क्त शरणदीप कौर बराड़ ने पंचायत भवन में य्वा मतदाताओं को मतदान के प्रति मतदाता शपथ दिलवाने के उपरान्त अपने सम्बोधन में कही इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करनेसम्बधी विष्य को लेकर डी एल पी आर ओ धर्मवीर सिंह दवारा लिखे और स्मेर पाल द्वारा गाये गीत की एक सी डी भी लोकापर्ण किया

लोक सभा चुनाव को सफलतापुर्वक समपन्न करवाने को लेकर आज भिवानी में माईक्रो ऑब्जर्वर पीठासीन व सहायक पीठासीन तथा फार्म भरने वाले प्रभारी को दो चरणों में च्नाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में च्नाव सामग्री के लेन देन से लेकर मतदान उपरान्त ईवीएम व वीवीपैट मशीने जमा करवाने तक के प्रत्येक कार्य कार्य का प्रशिक्षण दिया गया

च्नाव पर्यवेक्षक खर्च डा मनदीप ने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे च्नाव लड़ा रहे प्रत्याशियों के च्नाव प्रचार के खर्च पर पैनी नज़र रखे और उनके द्वारा किये जा रहे प्रत्येक खर्च को शेडो रजिस्टर में शामिल करें डा मनदीप आज पंचकूला में अधिकारियों की बैठक के दौरान जिला प्रशासन की विभिन्न टीमों द्वारा केय जा रहे चुनाव खर्च की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि छठे चरण के चूनाव का प्रचार चरम सीमा है और प्रशासन को भी प्रत्याशियों के हर छोटे बड़े खर्च का आंकलन करना है

यम्नानगर के छछरौली क्षेत्र में स्थित पुराने टायरों का तेल निकालने वाली एक फैकट्री में काम करने वाले पांच मजदूर आज गंभीर रूप से झ्लस गये जानकारी के अन्सार स्टीम मशीन को बंद करते समय इसकी वाष्प तेजी से बाहर आ गई उत्तरप्रदेश के जिला गोंडा के पांच निवासी इस घटना के चपेट आ गये गंभीर हालात में इन्हे एंबुलेंसों द्वारा ट्रामा सेंटर ले जाया गया हालत नाज्क होने पर डाक्टरों ने चार मंजदूरों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डा राम निवास भारतीने मेराथान दौड़ को झंडा दिखाकर रवाना किया ये दौड़ सांगवान चौक से शुरू होकर सुरखाव चौक भगत सिंह चौक शिव चौक व सिरसा क्लब होते हये सांगवान चौक पर सम्मन्न ह्ई मौसम विभाग के अन्सार पूरे हरियाणा में आज गर्मी का प्रभाव कायम है जिसके चलते प्रदेश में मौसम श्ष्क बना रहा और तापमान में कोई बड़ा बदलाव देख्ने को नहीं मिला